राज्य सरकार नगरीय निकायों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को करेगी नियमित

आरक्षण केन्द्र सरकार ने आज कहा है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय का अध्ययन करने के बाद उचित कदम उठाएगी शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि नौकरियों तथा पदोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है राज्यसभा में बयान देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले में न तो कोई पार्टी थी और न ही कोई शपथ पत्र दाखिल किया है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

तबादला सूची के अनुसार एडीजी प्रशासन कैलाश मकवाना को एडीजी नारकोटिक्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है अभी तक इस जिम्मेदारी को निभा रहे अजय कुमार शर्मा को एडीजी प्रशासन पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है इसके अलावा एडीजी होमगार्ड जबलपुर राजेश चावला को एडीजी एससीआरबी भोपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है शहडोल पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह कुशवाह को डीआईजी रीवा रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गयी है छतरपुर एसपी तिलक सिंह को डीआईजी पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है पुलिस मुख्यालय के सहायक महानिरीक्षक कुमार सौरभ को छतरपुर एसपी पदस्थ किया गया है पुलिस मुख्यालय भोपाल में हॉक फोर्स के सेनानी तरुण नायक को गुना एसपी बनाया गया है भिंड एसपी रुडोल्फ अल्वारोज को एआईजी प्रलिस मुख्यालय के रूप में वापस बुलाया गया है संतोष सिंह गौर को होशंगाबाद एसपी बनाया गया है बैतूल एसपी कार्तिकेयन के को शिवपुरी में विसबल की वाहिनी का सेनानी बनाया गया है शिवपुरी में अभी तक यह जिम्मेदारी निभा रहे विवेक अग्रवाल को एसपी छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सोंपी गयी है एसपी दमोह विवेक सिंह को एआईजी पुलिस मुख्यालय भोपाल और भोपाल एसपी दक्षिण संपत उपाध्याय को एसपी श्योपुर के रूप में स्थानांतरित किया गया है वहीं एसपी बुरहानपुर अजय सिंह को एसपी रेल इंदौर और एसपी श्योपुर नागेंद्र सिंह को एसपी भिंड पदस्थ किया गया है एसपी सिंगरौली अभिजीत रंजन को एआईजी पुलिस मुख्यालय भोपाल एसपी नीमच राकेश कुमार सगर को एसपी रेल भोपाल और एसपी हरदा भगवत सिंह विरदे को एसपी बुरहानपुर बनाया गया है एसपी छिंदवाड़ा मनोज कुमार राय को एसपी नीमच भेजा गया है ग्वालियर में ईओडब्ल्यू के एसपी रघुवंश भदौरिया को एसपी अशोकनगर के रूप में भेजा गया है जल सम्मेलन भोपाल में कल राज्य सरकार और जल जन जोड़ो अभियान के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इस सम्मेलन में देशभर के प्रख्यात जल संरक्षण कार्यकर्ता और पर्यावरणवीद शामिल होंगे कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे

भोपाल में आयोजित नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ सम्मेलन में नगरीय विकास एंव आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने इसकी घोषणा की

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों देशगांव पंचायत में गांव के घर घर से कचरा कलेक्शन की शुरूआत की थी अब सिंगोट पंचायत में भी यह पहल पंचायत द्वारा की गई है

उन्होंने गौशाला परिसर में पौधरोपण भी किया

उन्होंने वरिष्ठ जनों से अपनी शिकायतें एसडीएम या कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने की अपील की है